इन स्थानों पर श्रीमती राजे कई विंकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगी इससे पहले कल गौरव यात्रा देर शाम डुंगरपुर पंहची गेप सागर की पाल पर मुख्यमंत्री ने आमसभा को संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियां बताई उन्होंने ड्रंगरपूर में स्वच्छता के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर नगर परिषद की सराहना की राजस्थान गौरव यात्रा आज देर शाम बांसवाडा में प्रवेश करेंगी

परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की गहनता से जांच की गई आयोग द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड में नही पहुंचे अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पडा जयपुर में पुलिस ने नकबजन गिरोह का पर्दाफाश कर ग्यारह लोगों को गिरफ्तार किया हैं पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व गौरव यादव ने बताया कि सांगानेर थाना क्षेत्र में बढ़ रही चोरी और नकबजनी की वारदातों की रोकथाम के लिए गठित टीम ने ये कार्रवाई की श्री यादव ने बताया कि इन आरोपियों से चोरी का माल खरीदकर माल को इधर उधर करने वाले तीन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपियों के पास से चोरी की एक एलईडी लेपटोप और जैवरात सहित लाखों का माल तथा वारदात में काम में ली गई एक मोटरसाईकिल बरामद की गई है श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र में कल रेलगाड़ी की चपेट में आने से दम्पती की मौत हो गई भीलवाडा जिले के तसवारिया के पास डम्पर और मोटरसाईकिल की टक्कर में एक दंपत्ति की मृत्यु हो गई वहीं पारोली कस्बे में मोटरसाईकिल की टक्कर से घायल दस वर्षीय बालक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई बाडमेर जिले में कल शाम अलग अलग हादसों में दो बच्चों सहित तीन लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गये झालावाड जिले के डग उपखण्ड में कूएं में पैर फिसलकर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई इधर अलवर के किथूर में कल एक श्रमिक मृत अवस्था में पाया गया पुलिस मामले की जांच कर रही है प्रदेश में नए सत्र के साथ ही सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से दर्ज होना शुरु हो गई है

इसकी निगरानी भी आयुक्तालय ही करेगा

झालावाड में पर्यटन विभाग और निजी स्कूल एसोसिएशन की ओर से जिला मुख्यालय से असनावर तक साईकिल रैली निकाली गई ये रैली बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण का संदेश देते हुए विभिन्न स्थानों से गुजरी

सावन के दूसरे सोमवार पर आज भी प्रदेशभर के शिवालयों में भक्तो की भीड उमड रही है शिव मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है जगह जगह कावड यात्राएं देखी जा रही है विभिन्न तीर्थ स्थलों से लाये गये जल से कांवडिये भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय किकेट टीम के कप्तान विराट कोहली पहले नम्बर के बल्लेबाज बन गये है कोहली पहली बार टेस्ट रैंकिंग में इस स्थान पर आये है एक दिवसीय क्रिकेट में भी विराट कोहली बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर है

राज्य हैंडबॉल संघ के सचिव ने बताया कि इस टूर्नामेंट में मेजबान राजस्थान सहित देश की शीर्ष दस टीमें भाग लेंगी सभी टीमों को दो पूल में बांटा जायेगा और प्रतियोगिता लीग कम नोकआउट आधार पर खेली जायेगी